बागेश्वर फूड प्वाइजनिंग मामले में एक और महिला की मृत्युमरने वालों की संख्या हुई चार जम्मू के अखनूर में शहीद हुए सूरज सिंह भाकुनी का पार्थिव शरीर अल्मोड़ा लाया गया चमोली के सियूण गांव के शहीद सुरजीत सिंह राणा का हुआ अंतिम संस्कार

इसके साथ ही राज्य में मनरेगा के तहत सुगन्धित पौधों का उत्पादन और ऐरोमैटिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गांरटी परिषद के कार्यो की समीक्षा के दौरान सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को मनेरगा के तहत वर्मी कपोस्ट के साथ ही शिवांश खाद के निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वन पंचायतें स्गन्धित पौधों और अन्य जड़ी बुटियों के उत्पादन के साथ ही किस प्रकार अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस कार्ययोजना पर कार्य करने की जरूरत है उन्होंने मनरेगा के तहत पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और रूद्रप्रयाग में मत्स्य पालन में ट्राउट मछली पालन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये उन्होंने ग्रामीण हाट बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने और नये ग्रामीण हाट बनाने को भी कहा बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के लगभग बीस हजार कृपोषित बच्चों की माताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सामाजिक जिम्मेदारी के तहत दो दो कुपोषित बच्चों को गोद लेने की अपील भी की स्लग विश्व दिव्यांग दिवस आज अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दिव्यांगजनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने कहा कि शारीरिक अभावों के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों ने समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों के हितों और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है स्लग दिव्यांगजन दिवस देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आज दिव्यांगजन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

श्री रावत ने कहा दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार समाज से जोड़ा जाये कैसे उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाये यह सोचना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कार्यक्रम में एन आई वी एच के निदेशक नचिकेता राउत ने कहा दिव्यांगों को अगर समान अवसर मिले और उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जाये तो ऐसा कोई काम नहीं जो ये नहीं कर सकते उत्कृष्ट पुरस्कार विजेता रणछोड़ पुखराज सोनी ने बताया कि वह दृष्टिबाधित विधार्थियों को हायर सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाते हैं साथ ही संस्थान के दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं स्लग शिविर अल्मोडा विश्व दिव्यांग दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किये जाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया शिविर में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगों के नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने उनके आवास पर पहुंचाने आवेदन प्रारूप भरने जैसे कार्य के लिए बीएलओ के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी जग मोहन कफौला ने बताया कि वर्तमान में जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा पांच हजार तीन सौ दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन के रूप में पच्चीस हजार रपये की धनराशि प्रदान की जाती है स्लग न्यायाधीश शपथ नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने जस्टिस नारायण सिंह धानिक आरसी खुल्बे और रविन्द्र मैठाणी को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने राज्य के कई जिलों में जिला न्यायाधीश रह चुके नारायण सिंह धानिक आरसी खुल्बे और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रोटरी जनरल रवींद्र मैठाणी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की संस्तृति की थी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गुरूवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई शनिवार को हाईकोर्ट में साप्ताहिक अवकाश होने के कारण इन जजों ने आज शपथ ली स्लग फूड प्वाइजनिंग बागेश्वर जिले में शादी समारोह में फूड प्वाइजनिंग से पीड़ित एक और महिला खिमुली देवी की आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई बास्ती गांव की रहने वाली साठ वर्षीय खिमुली देवी को वेंटिलेटर पर रखा गया था इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या चार हो गई है सुशीला तिवारी अस्पताल में चवालीस मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अंजय टम्टा ने अल्मोडा के बेस चिकित्सालय में भर्ती पूर्व विधायक ललित फर्सवाण के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली उन्होंने अस्पताल में भर्ती अन्य उनतीस मरीजों से भी मुलाकात की उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को भर्ती मरीजों की सभी जांच कराने और डॉक्टरों की कमी होने पर दूसरे अस्पतालों से डॉक्टरों को बुलाने के निर्देश दिये उधर बागेश्वर में सासंद भगत सिंह कोश्यारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने जिला चिकित्सालय में भर्ती फूड प्वाइजनिंग से पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना श्री कोश्यारी ने मृतकों के परिजनों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिये जाने और मरीजों के पूरे इलाज का खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा उठाये जाने का आश्वासन दिया स्लग शहीद को श्रद्वांजलि जम्मू की अखनूर तहसील के पलांवाला सेक्टर में शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान हुए धमाके में शहीद हुए सूरज सिंह भाकुनी का पार्थिव शरीर आज अल्मोड़ा लाया गया जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सिख रेजीमेंट के ब्रिगेडियर हर्ष मिश्रा जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहीद को पृष्पचक्र अर्पित कर श्रद्वांजलि दी केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए द्ख की घड़ी है

गौरतलब है कि शहीद सूरज सिंह भाकुनी भनोली तहसील के ग्राम पालड़ी के रहने वाले थे स्लग शहीद अंत्येष्टि चमोली के सियूण गांव के रहने वाले शहीद सुरजीत सिंह राणा का उनके पैतुक घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया सुरजीत सिंह दसवीं गढ़वाल राइफल में सेवारत थे गौरतलब है कि रजौरी में माइन ब्लास्ट की चपेट में आने से सुरजीत सिंह शहीद हो गए थे एक साल पहले सुरजीत की पत्नी का भी देहांत हो चुका था उनकी कोई संतान नहीं है शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और नम आंखों से उन्हें विदाई दी अंतिम संस्कार में जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे

ट्रेन अंड्डारह की क्षमता दो सौ किलोमीटर प्रति घंटे तक की है बशर्ते रेलवे की सभी प्रणालियां दुरस्त हों और सिग्नल अनुमति दे रहा हो देश में निर्मित इस ट्रेन का संचालन शुरू होने पर यह देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी